रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा आज शाम लोग परम्परागत तरीके से होलिका दहन करेंगे और भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच पुणे में खेला जा रहा है भारत ने इंग्लैंड को तीन सौ तीस रन का दिया लक्ष्य

मन की बात के इसी संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च के इसी महीने में देश की जनता ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिये जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए अचरज बन गया अनुशासन का यह अभूतपूर्व उदाहरण था आनेवाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेंगे उन्होंने कहा कि जनता को इस बात का अंदाजा नहीं कि हमारे कोरोना योद्वाओं के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दीया जलाना उनके दिल को कितना छू गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढावा देने के लिए देश में इकहत्तर लाईट हाउस की पहचान की गयी है इन सभी लाईट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक संग्रहालय एम्फीथियेटर ओपनएयर थियेटर कैफे बच्चों के लिए पार्क और इको फ्रेंडली कॉटेज तैयार किये जायेंगे प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला किकेट टीम की खिलाड़ी मिताली राज को नया विश्व रिकार्ड बनाने की बधाई भी दी प्रधानमंत्री ने कहा कि चौदह अप्रैल डॉ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है यह दिन हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है उन्होंने कहा कि इस दिन को भी हम जरूर यादगार बनायेंगे अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजली देंगे उन्होंने मन की बात को सफल बनाने के लिए समुद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया

इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई थी दो फरवरी से अग्रणी कार्यकर्ताओं को टीके लगाने का काम शुरू हुआ

भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय संचालित खादी ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में कुम्भकारी सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी चालीस महिलाओं के बीच आज विद्युत चालित चाक और अन्य उपकरण का वितरण किया गया इन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया हजारीबाग जिले के लाखे पंचायत भवन परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में आयोग के पूर्वी क्षेत्र सदस्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि विद्युत चाक प्राप्त कर महिलाएं बेहतर और गुणवत्तायुक्त बर्तन और खिलौने बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त होंगी दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण पहली अप्रैल से शुरू होगा

श्री कुमार ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया आवेदनपत्र और पूरे पते के साथ बैंक शाखाओं की राज्यवार सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के अधिकृत डॉक्टरों या चिकित्सा संस्थाओं से जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ही पंजीकृत बैंक शाखाओं पर स्वीकार किए जाएंगे

स्वास्थय विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए नया डिस्वार्ज प्रोटोकॉल जारी किया है इसके तहत संक्रमित मरीजों की पहली जांच सात दिन बाद होगी अगर मरीज बिना लक्षण वाला है और सात दिन बाद भी पॉजीटिव आता है तो हर दूसरे दिन उसकी जांच की जायेगी वहीं अगर सात दिन बाद रिपोर्ट निगेटिव आती है तो मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जायेगा हालांकि डिस्चार्ज के बाद सात दिन तक उसे यात्रा और सामाजिक संपर्क से दूर रहना होगा हल्के लक्षण वालों मरीजों पर भी यह प्रोटोकॉल लागू होगा

वहीं निन्यानवें मरीज कल स्वस्थ हुए वर्तमान में राज्यभर में सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार तीन सौ निन्यानवें है कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में सभी जिलों में पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घर में ही सुरक्षित तरीके से त्यौहार मनोने की अपील की जा रही है बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने लोगों से कहा कि गाइडलाइंस के तहत इस बार होली का त्यौहार घर में ही सुरक्षित रूप से मनाये उन्होंने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारी की गई है गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने बताया कि होली और शबे बरात को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है भीड़ लगाकर पर्व नहीं मनाना है एक जगह ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा ना हों संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है

इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है शहर में फ्लैग मार्च किया गया इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा आज शाम लोग परम्परागत तरीके से होलिका दहन करेंगे लोगों में होली का उल्लास देखा जा रहा है ज्यादातर लोग कोरोना के मददेनजर दिए गये गाईड लाईन का पालन करते हुए होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोरोना संकमण को बढने से रोका जा सके बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह पर्व समाज के सभी वर्गो में बिना किसी भेदभाव के समानता और भाईचारे का संदेश देता है

उन्होंने कोरोना वायरस के मददेनजर दिए गये गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मनाने का संदेश दिया इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मुकुंद नायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया इस दौरान मुकुंद नायक ने झारखंड की परंपरागत लोक गीत और नृत्य से लोगों का मन मोह लिया श्री नायक ने झारखंड की सभ्यता संस्कृति को बचाने का संदेश दिया

वहीं होली का त्योहार कल मनाया जायेगा इन त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखे ताकि विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो इधर राजधानी रांची में जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है राज्य सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि त्योहार अपने घरों में ही रहकर मनाये

भारतीय टीम ने अड़तालीस ओवर दो गेंद में तीन सौ उन्तीस रन बनाये हैं इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया इस मैच में भारत की ओर से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा अठहत्तर रन बनाये वहीं इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए